मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को और मजबूत करेगी सरकार जनजातीय भाषाओं के लिए बनेगी स्वतंत्र एकेडमी आज चुना जाएगा भाजपा विधायक दल का नेता प्रदेष कार्यालय में विधायक दल की बैठक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर होंगे शामिल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आज एक वर्ष पूरा देशभर के किसान परिवारों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराना योजना का उद्देश्य

उनके साथ उनकी पत्नी मेलानिया बेटी इवांका दामाद जेरेड कृश्नेक और प्रशासन के शीर्ष अधिकारी भी आ रहे हैं अहमदाबाद में श्री ट्रम्प साबरमती आश्रम जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ रोड शो में भाग लेंगे दोनों नेता मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम में एक लाख से अधिक लोगों को सम्बोधित करेंगे स्टेडियम में इस कार्यक्रम के दौरान भव्य सांस्कृतिक आयोजन भी होगा अहमदाबाद हवाई अड्डे पहंचने के बाद अमरीका के राष्ट्रपति और श्री मोदी हवाई अड्डे से साबरमती आश्रम तक और फिर वहां से नव निर्मित मोटेरा स्टेडियम तक रोड शो में भाग लेंगे

अहमदाबाद में नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम के बाद श्री ट्रम्प और उनका काफिला ताजमहल देखने के लिए विमान से आगरा रवाना होगा दिल्ली में कल हैदराबाद हाउस में श्री ट्रम्प और श्री मोदी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता होगी कल सवेरे श्री ट्रम्प महात्मा गांधी को श्रद्वांजलि देने के लिए राजघाट जाएंगे इसके बाद हैदराबाद हाउस में श्री ट्रम्प और श्री मोदी के बीच वार्ता होगी शाम को श्री ट्रम्प राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेंगे श्री ट्रम्प और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वार्ता में विभिन्न द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की सम्भावना है

मुख्यमंत्री आवास में कल मुलाकात करने आए मानकी मुंडा संघ कोल्हान पोड़ाहाट केंद्रीय समिति के प्रतिनिधियों को श्री सोरेन ने आश्वासन दिया कि इस दिशा में सभी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी इस मौके पर संघ की ओर से मांग पत्र सौंपा गया उन्होंने मुख्यमंत्री से कोल्हान में कोल्हान स्वशासन परिषद का गठन और मंत्रिमंडल में हो समुदाय के विधायक को शामिल करने की मांग रखी मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय भाषाओं के लिए स्वतंत्र एकेडमी बनाने पर सरकार विचार कर रही है ताकि इन भाषाओं के विकास की राह प्रशस्त हो सके मानकी मुंडा संघ द्वारा हो भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे संबंधित प्रस्ताव को विधानसभा में पेश किया जाएगा और स्वीकृति मिलने के बाद केंद्र सरकार को भेजा जाएगा उन्होंने कहा कि जनजातीय परामर्शदात्री परिषद के लिए नियमावली बनाई जाएगी श्री सोरेन ने मानकी मुंडा संघ को आश्वासन दिया कि कोल्हान पोडाहाट क्षेत्र में मानकी और मुंडा के बंदोबस्ती का अधिकार यथावत रहेगा मानकी मुंडा संघ द्वारा ईचा खरकई बांध का निर्माण कार्य रोकने की मांग पर श्री सोरेन ने कहा कि इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी बांध की वजह से किसी का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण का भी ख्याल अनिवार्य रूप से रखा जाएगा राष्ट्रपति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि न्याय तक आम लोगों की पहुंच को सुगम बनाने के लिए कई बुनियादी सुधार करने के लिए उच्चतम न्यायालय की सराहना की जानी चाहिए राष्ट्रपति कल नई दिल्ली में दो दिन के अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने प्रगतिशील सामाजिक बदलाव में अग्रणी भुमिका निभाई है उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित प्रमुख फैसलों से देश का कानूनी और संवैधानिक ढांचा मजबूत हुआ है मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत की विविधता देश के हर व्यक्ति को गर्व और प्रसन्नता से भर देती है कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करते हए उन्होंने कहा कि यह एक फ़ल है जिससे प्रेरणा मिलती है प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिनों बच्चों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति लगातार रूचि बढ रही है प्रधानमंत्री ने इसरो के युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका का भी जिक्र किया उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान के अनुरूप है श्री मोदी ने महिलाओं के सशक्तिकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि नये भारत की हमारी मातायें और बहनें उन चुनौतियों को स्वीकार कर रही हैं जिनसे पूरे समाज में सकारात्मक परिवर्तन आया है

इसमें विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नडडा ने पार्टी के महामंत्री पी मुरलीधर को इसके लिए पर्यवेक्षक बनाया है विधायक दल की बैठक में मुरलीधर राव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओमप्रकाश माथुर और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह भी शामिल होंगे र्बैठक में बाबूलाल मरांडी के अलावा पार्टी के सभी विधायक उपस्थित रहेंगे इस दौरान नए प्रदेष अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा की जाएगी किसान सम्मान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आज एक साल पूरा हो जायेगा पिछले वर्ष चौबीस फरवरी को लागू की गई इस योजना का मकसद देशभर के किसान परिवारों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराना है इस योजना के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में हर साल छह हजार रूपये तीन बराबर किष्तों में दो दो हजार रूपये दिए जाते हैं शुरूआत में इस योजना के तहत देश में दो हेक्टेयर तक की भूमि वाले सभी छोटे और मझौले किसानों की मदद का प्रावधान किया गया था लेकिन बाद में इसका दायरा बढ़ाकर सभी किसान परिवारों को इसमें शामिल किया गया

वहीं इस योजना से अब तक आठ करोड़ से अधिक किसान परिवारों को फायदा मिल चुका है गिरिडीह स्पेषल स्टोरी गिरिडीह जिला प्रशासन ने चौतीस हजार वैसे लाभुकों का चयन किया है जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन योजना की अहर्ता रखते हैं उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने राज्य सरकार से इस योजना का लाभ देने के लिए लक्ष्य की मांग की है

यह कार्यक्रम एफ एम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात साढ़े नौ बजे से प्रसारित किया जायेगा

ट्वीटर हैंडलएआइआर न्यूज अलर्ट पर भी हैंष टैग आस्क ए आई आर का इस्तेमाल करते हुए सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं

यह कार्यक्रम द्रदर्शन की डी टी एच सेवा पर भी उपलब्ध रहेगा कुश्ती दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में सीनियर एशियाई कृश्ती प्रतियोगिता में भारत ने पांच स्वर्ण छह रजत और नौ कांस्य पदक सहित कल बीस पदक जीते हैं कल अंतिम दिन भारत को एक रजत सहित तीन पदक प्राप्त हुए चौहत्तर किलो भार वर्ग में जितेन्द्र ने रजत पदक हासिल किया दीपक पुनिया ने छियासी किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता

इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप कर बजट के विभिन्न आयामों को लेकर अपनी राय दी द्मका जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र में कल रात दो मोटरसाइकिल की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई छठी जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार का पहला चरण आज से शरू होगा

विभाग के अनुसार देष के कई इलाकों में साईक्लोनिक सर्कुलेषन के कारण बारिष हो रही है